राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षा विकास की कुंजी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से देश के विकास में मदद मिल सकती है आज गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षा बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदश में शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही है

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रदेश में इनफॉरमेशन टेक्नॉलाजी और स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए नई नीति लाग की गई है

राष्ट्रपति ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की

इस अवसर पर राज्यपाल राम नाइक मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप श्रक्ला उपस्थित थे संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्र के दौरान सभी विपक्षी दलों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार जनहित से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये तैयार है संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में सत्र से पूर्व बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद यह जानकारी पत्रकारों को दी

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया है सर्वदलीय बैठक में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरूण जेटली कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद आनन्द शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव तथा प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीपीआई नेता डी राजा टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेता मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री मॉरिस ऑब्सफेल्ड ने कहा है कि चार वर्ष में भारत की वृद्धि उल्लेखनीय रही है उन्होंने मोदी सरकार के जीएसटी और दिवालिया संहिता जैस मूल आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के तहत भारत में वास्तव में कई मूल सुधार लागू किए गए हैं श्री ऑब्सफेल्ड ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से गैर बैंकिंग व्यवस्था का जोखिम बना हुआ है जिसे आमतौर पर शैडो बैंकिंग कहते हैं भारत में घाटे वाली बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े निगमित ऋण बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित करते हैं लेकिन सरकार बैंकिंग व्यवस्था की बेहतर निगरानी कर रही है इसलिए ये कर्ज शैडो बैंकिंग में चले गए हैं वित्तीय दबाव से निपटने के लिए इस ओर ध्यान दिया जा रहा है जो अच्छा संकेत है दूनियाभर में प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार करना आज से महंगा हो गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पर्यटकों के लिये टिकटों के दामों में बढ़ोत्तरी की है घरेलू पर्यटकों को पचास रूपये के टिकट पर चमेली फर्श तक और मुगल बादशाह शाहजहां तथा उनकी बेगम मुमताज की कब्रों के दीदार क लिए अब दो सौ पचास रूपये प्रति टिकट देना होगा

टिकट की बढ़ी हुई दर आज से लागू हो गई है आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने आज अपन पद से इस्तीफा दे दिया है उर्जित पटेल ने अपने बयान में कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ उन्होंने कहा कि बीते वर्षो में आरबीआई में काम करना मेरे लिये गर्व की बात रही इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों प्रबंधन और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला मैं आरबीआई बोर्ड को सभी निदेशकों और सहकर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ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

रेल राज्य मंत्री लखनऊ में कल सीएमएस डिग्री कॉलेज में गाजीपुर समागम में बोल रहे थे इस कार्यक्रम में मूल रूप से गाजीपुर के निवासियों ने भाग लिया इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे बाद की पीढ़ी नेक्स्ट जनरेशन का इंफ्रास्टक्चर जो देश में बन रहा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है श्री सिन्हा ने कहा कि दो हजार बाईस में तीन सौ बोस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रेल चल सकेगी जिसका कॉरिडोर अहमदाबाद से बन रहा है इसके लिये तीन ट्रेने आ गई है रेल राज्यमंत्री ने कहा पूर्वांचल में गाजीपुर सबसे अधिक पिछड़ा जिला था भारत सरकार का गाजीपुर के विकास में पहले कोई योगदान नहीं रहता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गाजीपुर विकास के केन्द्र म आ गया है उन्होंने कहा कि गाजीपुर दिल्ली और लखनऊ हवाई सेवा जल्द ही शुरू होगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से गोरखपुर में एम्स की स्थापना की गई और बीएचयू को एम्स जैसा संस्थान बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है वाराणसी में कैंसर इंस्ट्टीयूट बन कर तैयार हो गया है जो देश के चूनिन्दा संस्थानों में से एक है श्री सिन्हा ने कहा कि दो हजार चौदह में इस देश में जो परिवर्तन हुआ वह महज राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी था राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि बेटियों के प्रति समाज का भी नजरिया बदला है और बेटा बेटी एक समान की परिकल्पना साकार हो रही है उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता निरन्तर बढ़ रही है जिसका मूल श्रेय विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं को जाता है राज्यपाल आज राजभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विभिन्न वर्षो में आयोजित किये गये दीक्षान्त समारोह की स्थिति तथा इनके सम्पादन की कुल अवधि के बारे में जानकारी दे रहे थे उन्होंने कहा कि शैक्षिक सत्र दो हजार अट्ठारह उन्नीस में छब्बीस विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह को एक सौ छह दिन में पूरा किया गया जो अपने आप में एक रिकार्ड है श्री नाईक ने कहा कि पूर्व में विश्वविद्यालयों में समय से दीक्षान्त समारोह के आयोजन नहीं हो रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र के नियमित होने से समय से प्रवेश एवं परीक्षाएं हो रही है तथा नियमित दीक्षान्त समारोह का भी आयोजन हो रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में यह बदलाव देश की तस्वीर बदलने में निर्णायक सिद्ध होगा राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा चार दिवसीय खादी महोत्सव कल समाप्त हो गया महोत्सव में बयासी लाख रूपये से अधिक के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई जो एक रिकार्ड है

महोत्सव में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों के स्टाल लगाये गये थे प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का आज सवेरे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान म निधन हो गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है

सूचना और प्रसारण मंत्रो राज्यवर्धन राठौड़ ने भी श्री ठक्कर के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है